मुख्यमंत्री ने ग्राऊंड ब्रेकिंग परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के अधिकारियों को दिए निर्देश राज्य परिवहन निगम के चालकों का वेतन बढ़ा पैंशनधारकों को मिलेगी चार फीसदी अंतरिम राहत वरिष्ठ भाजपा नेता रिखीराम कौंडल का निधन राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने जताया शोक कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार अनेक एहतियाती कदम उठा रही है सरकार ने आज से प्रदेश के मंदिरों में जगरातों सत्संग व भण्डारों पर रोक लगा दी है इसके अलावा प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है पेश है एक रिपोर्ट डिस्पैच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है और राज्य व जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और राज्य में अभी तक आए आठ संदिग्ध लोगों में इस वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं सोलन अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध की रिपोर्ट भी नैगेटिव आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है

हालांकि मंदिरों में पूजा अर्चना सामान्य रूप से होती रहेगी मास्क उधर ऊना जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर ऊना बस अड़डे पर जागरूकता अभियान चलाया और यात्रियों को मास्क वितरित किए अधिकारियों ने लोगों को कोरोना से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी ऊना में बसों पर स्प्रे करने का कार्य भी आज से शुरू कर दिया गया है और आज करीब दो सौ बसों को सेनिटाइज किया गया मंडी के नेरचौक मैडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है

शिमला में उपायुक्त कार्यालय में कल से मास्क की बिक्री की जाएगी और डबल लेयर मास्क का मूल्य बीस रुपए तय किया गया है

इस दौरान अतिआवश्यक मामले ही सुने जाएंगे ग्राऊंड ब्रेकिंग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्ट्स मीट के तहत ग्राऊंड ब्रेकिंग परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्ट्स मीट के पहले ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन समझौता ज्ञापनों का ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह को चुका है उन परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर दूसरा ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह करना चाहती है लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के चलते यह संभव नहीं है

राजमार्ग मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्गों को फोरलेन बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए यह काम तय समय में पूरा किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने परवाणु शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कैथलीघाट से ढली तक के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कीरतपुर नेरचौक खण्ड के फोरलेन निर्माण में देरी पर चिंता जताई और इसका काम तेज करने को कहा एचआरटीसी राज्य परिवहन निगम के निदेशक मंडल की एक बैठक आज शिमला में हुई जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने की

निगम के पैंशनरों को इस वर्ष पहली अप्रैल से चार फीसदी अंतरिम राहत देने का निर्णय भी लिया गया रिखी राम कौंडल वरिष्ठ भाजपा नेता व झंड्रता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रिखी राम कौंडल का आज तड़के हृदय गति रुकने से निधन हो गया वे झंडुता विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक चुने गए

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व प्रदेश भाजपा के सभी नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि रिखीराम कौंडल एक ईमानदार राजनीतिज्ञ थे और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि रिखी राम कौंडल एक अनुभवी और कुशल राजनेता थे और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी रिखीराम कौंडल के निधन पर शोक जताया है शशि चौहान कोरोना वायरस से बचाव के लिए गायक व एंकर शशि चौहान ने एक हिंदी गाना लॉन्च किया है इस गाने में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और साफ सफाई को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में शशि चौहान ने कहा कि यह गाना शिमला रूट्स यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है इस गाने में प्रभु नेगी ने संगीत दिया है विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर पुलिसकर्मियों की अनेक मांगों को लेकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा मांगपत्र में पुलिस कॉन्स्टेबलों की सेवाएं आठ वर्ष की बजाए तीन वर्ष बाद नियमित करने सहित अनेक मांगे की गई हैं विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं बजट राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट पर आम लोगों की राय जानने के लिए माई गोव पोर्टल पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है सरकार के एक प्रवक्ता ने लोगों से इस पोर्टल पर बजट के बारे में पहली अप्रैल तक राय देने को कहा है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय अच्छी धूप खिलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है लाहौल स्पीति जिले में बिजली बोर्ड के कर्मियों ने मौसम साफ होते ही अधिकतर भागों में बिजली बहाल कर दी है

चंबा की जनजातीय पांगी घाटी की कुमार परमार पंचायत में पिछले कई दिनों से बिजली न होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सेवा संस्था के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने सरकार से घाटी में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग की है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है